इस बैठक में मुख्यमंत्री महापौर उप महापौर स्थानीय निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सीईओ कमिश्नर ईओ वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों संबंधित विमागों के उच्च अधिकारी जिला स्तर के उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे

केन्द्र ने इसकी घोषणा कर दी है इस चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफ़त टीके लगाए जाएंगे

वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले से ही घोषित करेंगे

श्री सिंह ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकद नरवणे रक्षा सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रमुख के साथ बातचीत करते हुए सेना प्रमुख को निर्देश दिया कि स्थानीय कमांडर मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं

स्वास्थ्य मंत्री एक ट्वीट में कहा कि डॉ मनमोहन सिंह की हालत रिथर है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाई जा रही है

वहीं राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा के कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर श्री शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

अवर सचिव या समकक्ष और निचले अधिकारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या से आधी तक सीमित रहेगीं उप सचिव या इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय आना होगा कार्यालयों में सभी अधिकारियों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी

बीकानेर में एनसीसी कैडेट्स की ओर से पैदल मार्च निकाला गया इस दौरान लोगों से जन अनुशासन पखवाड़े की गाइड लाइन का पालन करने की अपील की गई ब्रंदी में तीन मई तक केवल दो अदालतें ही खुली रहेंगी जो अति आवश्यक मुकदमों की वर्चअुल सुनवाई करेगी वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में स्कूटी पर माइक लगाकर मुनादी करवाई जा रही है सवाई माधोपुर में तहसीलदार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाजारों का निरीक्षण किया और पांच गैर अनुमत दुकानों को सीज करवाया

दूर्दी जिले में देवी मंदिरों में कोविड गाइड लाइन के अनुसार पूजा अर्चना की गई करौली में भी इस मौके पर घर घर देवी मां की पूजा की जा रही है प्रसिद्ध शक्ति पीठ कैला देवी के पट बंद होने से वहां किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा है